उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से राज्य में निवेशकों को आकर्शित करने के लिए पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है

सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इन्वैस्टर मीट पर कांग्रेस की बयानबाजी को जनता को गुमराह करने का प्रयास बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता इस आयोजन को पैसों की बर्बादी बता रहे हैं जो दर्भाग्यपूर्ण है सत्ती ने कहा कि राज्य में निवेश आने से हिमाचल आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और लाखों परिवार रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिसके चलते हिमाचल तीव्र गति से विकास कर रहा है

थानाकलां में एक बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने कृषि गतिविधियों में विविधिता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उददेश्य से अनेक कदम उठाए हैं इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के अप्पर बसाल में पशुपालकों के लिए आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता भी की उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया

इसका उददेश्य जन सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना है जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न स्थानों को कार्यशालाएं आयोजित कर कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रदेश परिमंडल ने शिमला में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया इस दौरान हुई प्रश्नमंच प्रतियोगिता के विजेताओं को निगम के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन ने सम्मानित किया बिलासपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सप्ताह के अंतिम दिन रिश्वत न लेने की शपथ ली सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि पालमपुर नगर पालिका को जल्द ही नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा नगरोटा बगंवा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के एक समारोह में आज उन्होंने कहा कि पालमपुर मे नगर निगम बनने से जहां स्थानीय लोगों की चिरलंबित मांग पूरी होगी वहीं क्षेत्र का आधुनिक तकनीक से विकास संभव होगा सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं

इसके तहत सरकारी कार्यालयों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता अभियान का आयोजन होगा धर्मशाला में एक बैठक में एसडीएम हरीश गज्जू ने बताया कि अभियान की शुरूआत प्रभात फेरी शपथ व योग शिविर कार्यकम के साथ की जाएगी

हिम ऊर्जा हिम ऊर्जा ने प्रदेश की जनता को कुछ निजी कंपनियों द्वारा सोलर गीजर लगाने के लिए सब्सिडी के नाम पर किए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील की है हिम ऊर्जा के एक प्रवक्ता के अनुसार निगम ने केवल तीन कंपनियों को ही सब्सिडी के लिए अधिकृत किया है

आयोग की अध्यक्ष वंदना कुमारी ने प्रतिभागियों को पशस्तिपत्र वितरित किए उन्होंने सभी प्रदेश को स्वच्छ राज्य बनाने का संकल्प लेने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आह्वान किया नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयोजकों व सह संयोजकों की नियुक्ति की है उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां हाईकमान की स्वीकृति के बाद की गई हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रकिया भी शुरू कर दी जाएगी